प्रदेश में पहली फरवरी को होगी पंचायतों की ग्राम सभाएं अधिसूचना जारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने भाजपा को जनमत स्वीकारने की दी सलाह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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को जिला व उपमंडल स्तर पर पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सभी उपायक्तों को जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह शानदार तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि एसडीएम भी उपमंडल स्तर पर कार्यक्रमों का अयोजन करेंगे

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धी हासिल करने वाले लोगों को कार्यक्रम में मुख्य अतिथी के तौर पर उपस्थित होने का आग्रह किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों व नगर निकायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है

उन्होंने सभी उपायुक्तों को संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की स्वयं निगरानी करने के भी निर्देश दिए

पंचायत चुनावों में पहली बार मतदान कर रहे युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया

मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है

भाजपा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद भाजपा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर अपना विश्वास प्रकट करने और भारी जन समर्थन के लिए भी प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मिली हार से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बौखला गए हैं और भाजपा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता से डर गए हैं उन्होंने कहा कि इन चुनावों में लोकतंत्र की विजय हुई है

सुरेश कश्यप भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज अपने परिवार सहित बज्गा पंचायत में मतदान किया उन्होंने कहा कि इन चुनाव में भाजपा को प्रदेश भर में प्रचंड बहुमत मिल रहा है उन्होंने इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को दिया सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है और धरातल पर जनता ने उसे नकार दिया है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता और नीति दोनों का अभाव है मुख्य सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्य में बागवानी और वानिकी के विकास के लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की वे आज डॉक्टर वाई एस परमार बागवान व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के एक दिवसीय दौरे पर थे उन्होंने मानव संसाधन विकास के मोर्चे पर बागवानी वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान सुजन के लिए किए जा रहे कार्यों व राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च स्थान हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों को सराहा इससे पहले उन्होंने कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का भी दौरा किया अधिसूचना प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के बाद पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकें पहली फरवरी को आयोजित की जाएगी

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा से जनमत को जबरन हथियाने की बजाय उसे स्वीकारने की सलाह दी है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद नालागढ़ बद्दी और नारकंडा में भाजपा ने जो खेल खेला है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में भाजपा के जीत के दावों को झूठा बताते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं में भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर तक नहीं बचा पाई वहीं मंडी में सांसद अपने बड़े भाई और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री हमीरपुर में अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए राठौर ने कहा कि भाजपा जीते हुए पार्षदों और अन्य लोगों को प्रलोभन देकर चोर दरवाजे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बिठा रही है उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को अब सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है हमीरपुर भाजपा उधर हमीरपुर भाजपा ने पंचायती राज व स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र के गृह क्षेत्र में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की हार के कांग्रेस के आरोपों को जूठ करार दिया है हमीरपुर से जारी एक संयुक्त बयान में भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि अनुराग ठाक्र की गृह पंचायतों में कांग्रेस पार्टी को पंच से लेकर प्रधान तक कोई उम्मीदवार नहीं मिला वहीं जेपी नड्डा की गृह पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का पूरा पैनल निर्विरोध चुनकर आया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणामों की ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है

स्नो डे लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय में आज नेहरू युवा केंद्र लायुल माउंटनेयरिंग स्की क्लब और यंग ड्रूकपा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड स्नो डे मनाया गया इस मौके पर उपायुक्त पंकज राय ने स्कीईग कोर्स व पारंपरिक खेल तीरंदाजी का शुभारंभ किया उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि लाहौल में सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती थी लेकिन इस बार बहुत कम बर्फ पड़ रही हैं जो चिंता का विषय है उन्होंने सभी लोगों से आहवान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं इस दौरान युवाओं को पौधारोपण स्नो हार्वेसटिंग और रेन वाटर हार्वेसटिंग के लिए भी प्रेरित किया गया